कल शुरू होने वाली इस शिखर बैठक में कृषि के क्षेत्र में उचित और टिकाऊ विकास पर सहमति बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा मेजबान देश अर्जेन्टीना ने इस मुद्दे को उठाया है ऊर्जा ढांचागत व्यवस्था और टिकाऊ खाद्य सुरक्षा तथा कई मुद्दों पर अवसर बढ़ाने के बारे में इस बैठक में विचार विमर्श होगा शिखर बैठक से अलग प्रधानमंत्री आज शाम एक बड़े योग कार्यक्रम को देखेंगे

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि देश को स्वास्थ्य देखभाल और कृषि क्षेत्र के लिए जी एस टी जैसे संघीय ढांचे की जरूरत है नई दिल्ली में आज सी आई आई की स्वास्थ्य संबंधी शिखर बैठक में श्री जेटली ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य देखभाल के लिए अलग अलग खर्च कर रही हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को लोगों की पहुंच में लाने और वहन करने योग्य बनाने के लिए उन्हें एकीकृत कर देना चाहिए श्री जेटली ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना रफ्तार पकड़ लेगी जिससे मरीजों को अपने अधिकार प्राप्त हो सकेंगे और इसके अन्तर्गत दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था में सुधार आ जायेगा उच्चतम न्यायालय ने पच्चीस वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को नीट की परीक्षा देने की अनुमति दे दी है यह फैसला देश भर में दो हजार उन्नीस में होने वाली एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा पर लागू होगा साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से सबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा उच्चतम न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन की समय सीमा कल यानी शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है भारत के रॉकेट पीएसएलवी ने आज सवेरे आधुनिक भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाईसिस को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया है यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से सवेरे नौ बजकर सत्तावन मिनट तीस सैकेंड पर किया गया पीएसएलवी आठ देशों का एक माइक्रो उपग्रह और उन्तीस नैनो उपग्रह भी लेकर गया है इनमें एक माइक्रो उपग्रह सहित तेईस उपग्रह अमरीका के हैं इनके अलावा एक एक ऑस्ट्रेलिया कनाडा कोलम्बिया फिनलैंड मलेशिया नीदरलैंड और स्पेन का है हाईसिस अनेक फ्रिक्वेंसियों से समूची पृथ्वी की तस्वीरें भेजेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका वजन तीन सौ अस्सी किलोग्राम है और यह पांच वर्ष से अधिक समय तक काम कर सकता है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड़ ने पीएसएलवी तैंतालिस की इस सफलता पर इसरो को बधाई दी है उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य विधानमंडल का वीतकालीन सत्र अट्ठारह दिसम्बर से क्रिरू होगा राज्यपाल राम नाईक ने विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिक्विद के तृतीय सत्र की बैठक उस दिन ग्यारह बजे बुलाने के लिये अपनी सहमति प्रदान कर दी है

उन्होंने बताया कि सूखा अउर बाढ़ के बावजूद रोपाई क्षेत्रफल कम नही हुआ है कृष्टि मंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड में खरीफ के फसल के बीजों पर अस्सी प्रतिशत अनुदान दिया गया जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृष्ठि उत्पादन में बढ़ोत्तरी खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्यता भी इसका एक प्रमुख कारण है मण्डी कानून में किये गये बदलावों का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उन्होंने बताया कि ई मार्केटिंग के जरिये करीब साढ़े चार हजार करोड़ का व्यापार हुआ धान गेहूँ दलहन चना मसूर राई और सरसो आदि की खरीद की व्यवस्था करायी गयी जिससे किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सका उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कृष्टि के क्षेत्र में अट्ठारहवें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है कृष्टि मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री की ओर से जो योजनायें भेजी गयी हैं जिनमें प्रमुख रूप से राकट्रीय कृष्टि विकास योजना इस उपलब्धि में सकारात्मक योगदान दिया है